प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद हये सैनिकों को श्रदवांजलि भैंट की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कोरोना योद्वाओं का हौसला बढ़ाने और उनकों सम्मान देने के लिए भारतीय सशस्त्र सेनाओं की प्रंशसा की है एक टवीट में श्री मोदी ने कहा कि सेनाओं द्वारा दिखाया गया एक महान भाव है मोदी ने कहाकि भारतीय सशस्त्र सेनाओं ने हमेंशा देश को सुरक्षित रखा है और संकट के समय में भी वे लोगों की सहायता के लिए आगे आये है

प्रधानमंत्री ने कहा कि वे खास है और भारत उनकी व उनके परिवार की प्रंशसा करता है केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी टवीट में कहा है कि सेना दवारा योदवाओं के साथ शानदार ढंग से दिखाई गई एकजूटता हर व्यक्ति को दृढ़ विश्वास दिलाती है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्ष वर्धन ने कहा कि सेना के तीनों अंगों दवारा कोरोना योदवाओं का यादगारी सम्मान प्रत्येक भारतीय को इस विश्वव्यापी महामारी के खिलाफ एकज्ट करता है

इसके अलावा सेना के विभिन्न बैंड दवारा अस्पतालों में प्रेवश द्वारों पर जाकर ध्ने बजाकर कोरोना योदवाओं का हौंसला बढ़ाया गया चंडीगढ़ में पीजीआई सराकारी मेडिकल कालेज एवं अस्पताल और अन्य अस्पतालों में जाकर सेना के अधिकारियों और बैंड ने कोरोना योद्वाओं का हौसला बढ़ाया

इस मौके पर ब्रिगेडीयर टी एस मुंडी ने कहा कि सेना के कोरोना योद्वाओं के साथ है इस बार डॉक्टर नर्स पैरा मेडिकल स्टाफ पहली पंक्ति के सैनिक है जो मानवता को बचाने के लिए इस महामारी से जंग लड़ रहे है अम्बाला शहर के सिविल अस्पताल में भी भारतीय सेना द्वारा कोरोना योद्वाओं की सराहना करते ह्ये उनका उत्साह बढ़ाया गया

स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन ने लोगों को तालाबंदी के तीसरे दौरान भी पूरे तन मन से नियमों का पालन करने को कहा है

सूचना व प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज विश्व प्रेस दिवस पर पत्रकारिता से जुड़े लोगो को बधाई देते हुये कहा कि भारत में मीडिया को पूर्ण स्वतंत्रता है श्री जावड़ेकर ने कहा कि देश के मीडिया के पास लोगों को सूचना देने और जागरूक करने की शक्ति है उन्होंने कहा कि जो सर्वेक्षण भारत में प्रेस की आज़ादी बारे गलत तस्वीर पेश करते है वह जल्द ही बेनकाब हो जायेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में शहीद ह्ये सेना के पाच जवानों को श्रद्वांजलि भैंट की है श्री मोदी ने एक टवीट में कहा कि उनकी बहाद्री और बलिदान को कभी भ्लाया नहीं जा सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि स्रक्षा कर्मियों ने समर्पण की भावना के साथ देश की सेवा की है और नागरिकों की रक्षा के लिए अथक मेहनत की है प्रधानमंत्री ने उनके परिवारों और मित्रों के प्रति सांत्वना व्यक्त की है

अनुज का पार्थिव शरीर सोमवार को पंचकूला पहुंचेगा उनका अंतिम संस्कार मनीमाजरा स्थित शमशान घाट में पूरे सैनिक सम्मान के साथ किया जायेगा

आज चंडीगढ़ में एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित करते हये श्री चौटाला ने यह जानकारी दी

उन्होंने किसानों का सामाजिक दूरी को ध्यान रखते हये ई खरीद में सहयोग देने के लिए ध्न्यवाद करते हये कहा कि किसानों की फसल का एक एक दाना खरीदा जायेगा

उन्होंने कहा कि गेहं की खरीद की अदायगी भी की जा रही है शराब की दकानों को खोलने बारे उन्होंने कहा कि सबका सुझाव लिया जा रहा है कोई भी फैसला पड़ोसी राज्यों की स्थिति को देखकर लिया जायेगा शराब को द्काने खूलती है तो घर के बाहर सेवन की इजाजत नहीं होगी

यम्नानगर से हमारे ंसवाददाता ने बताया कि आज सब्जी मंडी का एक आढ़ती कोरोना पोजिटिव पाया है जबकि नांदेड़ से आये नौ श्रदवालुओं की रिपोर्ट नेगीटिव् आई है

प्रशासन ने आढ़ती के पोजिटिव आने के बाद यमूनानगर की सब्जी मंडी को चार दिनों के लिए बंद कर दिया है उध्र फरीदाबाद में डॉ राम भगत ने बताया कि आज मिले नये पोजिटिव मामलों में खिड़ीकला डिसपैंसरी में तैनात एक ए एन एम और मुजेसर इलाके की एक महिला शामिल है

पकड़े गए तीनों आरोपी पंजाब के बठिंडा इलाके के रहने वाले हैं तीनों आरोपी दिल्ली से हेरोइन लेकर पंजाब जा रहे थे

कर्मचारी भविष्य निधि संग्ठन के कर्मचारियों ने प्रधानमंत्री कोविड राहत निधि में दो करोड पचास लाख रूपये का दान दिया है श्रम मंत्रालय ने कहा है कि कर्मचारियों ने स्वेच्छा से एक दिन का वेतन दान में दिया है